प्रदेश भर में आज लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना और सराहा

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड वैक्सीन देश में अगले वर्ष जनवरी तक उपलब्ध हो जाएगी राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आयी है और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है दशहरा शीत काल के लिए चार धाम के कपाट बन्द होने की तिथि घोषित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

मोदी मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी ने लोगों से अपील की है कि वे त्यौहारों के इस मौसम में बाजार से खरीददारी करतेसमय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रममें अपने सम्बोधन में श्री मोदी ने सभी लोगों से कहा कि वे वोकल फॉर लोकल केसंकल्प को ध्यान में रखें

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनियाभर मेंभारतीय उत्पादों को बहुत ज्यादा पसन्द किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ऐसे अनेकस्थानीय उत्पाद हैं जिनमें विश्व स्तर का बनने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने इसबारे में खादी का उदाहरण दिया

श्री मोदी ने त्यौहारों के दौरान सभी से मास्क पहनने साबुन से हाथ धोने और दोगज की दूरी बनाये रखने का सुझाव दोहराया श्री मोदी ने लोगों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएंदीं

प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहादुर सैनिकों को याद रखने को भी कहा जो सीमाओंपर देश की रक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने उन परिवारों के त्याग को भी नमन किया जिनके बेटे बेटियां सरहदपर तैनात हैं

ये दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है मुख्यमंत्री आन मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज राजधानी देहरादून समेत प्रदेश भर में लोगों द्वारा सुना और सराहा गया मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद लोगों से श्री मोदी की अपील के अनुसार त्योहारों के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित मानको का पालन करने का आवाहन किया इसके साथ ही उन्होंने कोरोना योद्वाओं और सफाई नायकों को भी पर्वो के दौरान अपनी खुशियों में शामिल करने की अपील की है श्री रावत ने लोगों से सीमा पर तैनात सैनिकों के सम्मान में एक दीपक जरूर जलाने की भी बात कही है मुख्यमंत्री ने श्री मोदी की वोकल फॉर लोकल को बढावा देने के लिए बाजार से सामान खरीदते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की सराहना करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता के लिए स्थानीय उत्पादों की दिशा में अधिक ध्यान की बात कही

दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश मेंतीन वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है इनमें एकटीका परीक्षण के अंतिम दौर में है अन्य दो वैक्सीन परीक्षण के दूसरे चरण में है

विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की विजय का त्यौहार विजयादशमी आज पूरे प्रदेश में परम्परागत ढंग से श्रद्वा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

दुर्गा पंडालों में भजन भन्डारे रोक के प्रशासन द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के तहत लोगों ने माँ नन्दा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की विजयदशमी पर्व रावण पर प्रभु राम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है यह बुराई पर अच्छाई अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है राज्यपाल बेबीरानी मौर्य विधान सभा अध्यक्ष प्रेम चन्द्र अग्रवाल मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना ने प्रदेश वासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं कपाट केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के साथ साथ बाबा तुंगनाथ और मद्महेश्वर धाम के कपाट शीतकाल के लिये बन्द करने की तिथियां आज दशहरा के अवसर पर घोषित कर गयी

लोकार्पण मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज देहरादून में आयुष हॉस्पिटल एवं वेलनेस सेंटर का लोकार्पण किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज वेलनेस का महत्व तेजी से बढ़ा है शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य रहने के लिए वेलनेस एक सम्पूर्ण परिकल्पना है नियमित अभ्यास और प्राकृतिक रूप से हम वेलनेस की ओर आगे बढ़ सकते हैं उन्होंने कहा कि आयुष एवं वेलनेस के लिए राज्य में अनेक संभावनाएं हैं